भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि महा चक्रवात अम्पन सुन्दरबन के निकट पश्चिम बंगाल के दीघा और बांगलादेश के हतिया ट्वीपों के बीच आज दोपहर बाद से शाम तक पहुंच सकता है

श्री प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है महाचकवात अम्पन का असर झारखंड के कई इलाकों पर भी पड़ेगा आज सुबह से राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में बादल छाये हये हैं और हल्की बारिष भी हई है इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटषिला में माईक से प्रचार कर लोगों को तफान की चेतावनी दी जा रही है साथ बचने के उपाय भी बताये जा रहे हैं

कल टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों को अतिरिक्त होंगी उन्होंने कहा कि भारतीय रेल श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुणा करने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक राहत दी जा सके रेलमंत्री ने कहा कि भविष्य में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएगी श्री गोयल ने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और निकटतम रेलवे स्टेशन पर उनका पंजीकरण करें तथा उनकी सूची रेलवे को प्रदान करें ताकि रेलवे उनके लिए विशेष रेलगाड़ियां चला सके उन्होंने श्रमिकों से अनुरोध किया कि वे अपने स्थान पर ही रूकें उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय रेल श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा

इधर प्रवासी मजदूरो के श्रमिक स्पेषल ट्रेन से झारखंड लौटने का सिलसिल जारी है

केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मजद्रों को उनके गृह राज्य में पहंचाने में सहायता के लिए राज्यों से पूरा सहयोग करने को कहा है संभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव ने देश में प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने के उपाय सुझाये हैं उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने घर लौट रहे मजदूरों के विश्राम स्थलों पर स्वच्छता भोजन और स्वास्थ्य के प्रबंध करने चाहिए उन्होंने राज्यों से आवास के पते और मोबाइल नम्बर के साथ मजदूरों की सूची तैयार करने को भी कहा इस सूची का इस्तेमाल बाद में मजदूरों से संपर्क के लिए किया जा सकता है

रांची में मिला कोरोना संक्रमित हिंदपीढ़ी का रहनेवाला है और रिम्स में अपना इलाज करा रहा था उसकी जांच कराई गई तो वह भी कोरोना संक्रमित पाया गया अन्य जिलों में मिले मरीजों में अधिसंख्य प्रवासी हैं जो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से लौटे हैं

तीनों कोरोना संक्रमित फिलहाल प्रखंडों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में थे सतगावां प्रखंड के दोनों कोरोना संक्रमित कोलकाता से वापस लौटे हैं जबकि कोडरमा प्रखंड का कोरोना संक्रमित मरीज मुंबई से वापस लौटा था

इसके साथ ही कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या आठ पहुंच गई है

मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है

भारत में प्रति एक लाख जनसंख्या के मामले में मृत्यु दर शुन्य दशमलव दो है जबकि विश्व में प्रति लाख मृत्यु दर चार दशमलव एक है

इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची में हरी झंडी दिखाकर मेडिसिन वैन को रवाना किया होम्यिोपैथीक मेडिकल एसोषिएसन ऑफ इंडिया की यह दवा केन्द्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है और राज्य सरकार के आयुष विभाग द्वारा भी अनुषंसित है

महामारी के वर्तमान हालात में दंत चिकित्सक उनके सहायक और दांतों का इलाज करा रहे मरीजों में संक्रमण का भारी खतरा हो सकता है दांतों के इलाज की प्रक्रिया में मरीज की लार खून और श्वांस संबंधी स्राव के काफी नजदीक से संपर्क में आना अपेक्षित होता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बहत से मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं वे भी कोरोना के वाहक हो सकते हैं इसलिए यह सलाह दी गई है कि दांतों का इलाज करा रहे लोगों के प्रति खास सावधानी बरती जाए

आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके उपयोग और इस एप के जरिए इक्ट्वा किए गए डेटा को साझा करने के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए गए हैं

फ्लू जैसी बीमारी से पीडित कर्मचारी को कार्यालय नहीं जाना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए

राष्टीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयक्त प्रवेश परीक्षा जेर्डर्ड मेन और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट जैसी परीक्षाओं के अभ्यास के लिए यह ऐप तैयार किया है लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान और एनटीए के परीक्षा अभ्यास केन्द बंद होने के कारण विद्यार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इसकी शुरूआत की गई है देशभर के विद्यार्थी जेईई नीट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप का उपयोग निःशल्क कर सकेंगे इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि समय से शुरूआत यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि कोई भी विद्यार्थी अभ्यास परीक्षा से वंचित न रहे

कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के नियमन के बारे में दिशा निर्देश जारी किये हैं इनमें कहा गया है कि उपसचिव और उससे उपर के सभी अधिकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे

इस दौरान उन्होंने छात्रों की सस्याएं भी सुनी

केन्द्र सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें